् एस रविन्द्र भट्ट बने राजस्थान उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल कल्याण सिंह ने दिलाई पद की शपथ

्र प्रदेश में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्क

इसके लिए निर्वाचन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है

इस चरण में गंगानगर बीकानेर चूरू झुंझुंन सीकर जयपुर ग्रामीण जयपुर अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दौसा तथा नागौर संसदीय क्षेत्रो में वोट डाले जाएंगे

मतदान दिवस पर मतदाताओं को सहज और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं लगातार मुहैया कराने के लिए जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले रहेगें उधर कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर जनसंपर्क करने में जुटे हुए है

जम्मू कश्मीर में लद्दाख सीट तथा अनंतनाग सीट के पुलवामा और शोपियां जिलों में मतदान होगा

सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और मतदाताओं के लिए छाया पानी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप यादव ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इन्तजाम किए गए है ताकि लोग बिना किसी डर के अपना वोट डाल सकें

इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया राज्य सरकार के कई मंत्री न्यायिक अधिकारी मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग सहित कई लोग मौजूद रहे

ब्रंदी में जिला कलेक्टर रूक्मणि रियार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा सहयोगिनी अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों से अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सूचित करने को कहा है उन्होंने इन सभी से अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए है जैसलमेर जिले में भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन चेतना के वास्ते जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए

इस दौरान परिजनों ने नाबालिग का विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भरकर दिया उधर जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है

इस अवसर पर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने लोगों से कल होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की

इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई